देश भर से सात सौ खिलाड़ी भाग लेंगे पीएम नेताजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की वास्तविक नियंत्रण रेखा से नियंत्रण रेखा तक पूरा विश्व नेताजी सुभाषचंद्र बोस की परिकल्पना वाले आत्मनिर्भर भारत के सशक्त अवतार को देख रहा है उन्होंने कल शाम कोलंकाता में नेताजी सुभाषचंद्र बोस की एक सौ पच्चीसवीं जयंती पर आयोजित पराक्रम दिवस समारोह का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता के सामने जब भी कोई चुनौती आती है तो उसका उचित जवाब दिया जाता है प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा था और भारत को लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए देखकर उन्हें गर्व होता

सीएम नेताजी वहीं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पराक्रमपूर्ण और उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश के पाँच विद्यार्थियों को प्रति वर्ष नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पराक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा मुख्यमंत्री ने यह घोषणा भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद कही जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुभाषचंद्र बोस केंद्रीय कारागार में नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया उन्होंने गोलबाजार शहीद स्मारक में करोड़ों रुपये की योजनाओं के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया बालिका दिवस आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है यह दिवस बालिकाओं को समान अवसर सुनिश्चित करने पर जोर देने के लिए मनाया जाता है

इस कार्यक्रम के माध्यम से कन्यो भ्रूण हत्या बालिकाओं में शिक्षा की कमी और अधिकारों से वंचित रहने के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया है प्रदेश में राष्ट्रीय बालिका दिवस को किशोरी बालिकाओं की सुरक्षा जागरूकता जानकारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जोड़ने के लिए आज से श्श्पंख अभियान की शुरूआत की जा रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इस अभियान का शुभारंभ करेंगे

वे बालिकाओं को छात्रवृत्ति और मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों को राशि भी अंतरित करेंगे इस अवसर पर ऑगनवाड़ी केन्द्रों में बालिका भोज का आयोजन भी होगा

ग्वालियर में नगर निगम के बाल भवन में बालिका दिवस का कार्यक्रम आयोजित होगा

यह योजना सभी राज्यों में शुरू की गई है जहां आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू है श्री शाह ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम की शुरूआत करना एक बड़ा शुभ अवसर है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों को एक हैल्थ कार्ड मुहैया कराया जाएगा जिससे उनके परिजनों को भी सहायता मिलेगी गृहमंत्री ने राष्ट्र के निर्माण में केंद्रीय सुरक्षा बलों की बहादुरी और शहादत को याद किया श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार सुरक्षा बलों और उनके परिवार के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे सुरक्षाबल कर्मी अपने परिवारों के साथ एक साल में कम से कम एक सौ दिन गुजार सकें टीकाकरण देश में अब तक पन्द्रह लाख से अधिक लोगों को कोरोना से बचाव के टीके लगाये जा चूके हैं कल सत्ताईस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में करीब डेढ़ लाख लोगों का टीकाकरण किया गया इन लोगों में अग्रणी स्वास्थ्य कार्यकर्ता और कोरोना वारियर्स शामिल हैं वही प्रदेश में भी टीकाकरण का कार्य प्रगति पर है विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और प्राथमिकता वाले वर्ग के लोगों को टीके लगाये जा रहे हैं खण्डवा में कल से एक सप्ताह तक सात टीकाकरण केन्द्रों पर स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाये जायेंगे जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि जिला अस्पताल खण्डवा सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रो पर इसके लिए आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है इस बीच कोरोना के मामलों में प्रदेश में गिरावट जारी है कल राज्य में दो सौ इक्यान्नवे नये मामले सामने आये प्रदेश में अब चार हजार तीन सौ दस सकिय मरीज हैं जबकि दो लाख पैतालीस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं

खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने एक बैठक में खिलाड़ियों के लिए की जाने वाली तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा की उन्होंने स्टेडियम परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक कार्यवाही करने के अधिकारियों को निर्देश दिए संक्षिप्त समाचार इंदौर जिले में उपभोक्ताओं से बदसलूकी और नियमों का उल्लंघन करने वाले इकत्तीस राशन द्रकान संचालकों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई है डिण्डौरी जिले के बरगांव जनजाति कल्याण केन्द्र में दिव्यांगजन को उनके अधिकारों और योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही सहायक उपकरण वितरित किये गये रीवा जिले में कल सभी मतदान केंद्रों पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अंतर्गत युवा मतदाताओं को परिचयपत्र वितरित किये जायेंगे